एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने झोंकी ताकत

प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है राज्य के कई हिस्सों में लू जैसे हालात बने हुए हैं गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं पटना का अधिकतम तापमान तैंतालीस भागलपुर का साढ़े इकतालीस और पूर्णियां का अड़तीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले पांच दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है तापमान का स्तर सामान्य से तीन से चार डिग्री सेल्सियस पार कर जायेगा तेज गर्मी और पछुआ हवा के कारण राज्य में अगलगी की घटनाओं में भी तेजी से बढोतरी हुई है कई स्थानों पर खेत में लगी फसल और फूस के घर जलकर राख हो गये आपदा प्रबंधन विभाग ने तेज पछुआ हवा के मद्देनजर ग्रामीण इलाको में लोगों से खाना बनाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है

जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि उतने ही दिन रहेगी जितना की पूर्व से निर्धारित है इधर भागलपुर जिला प्रशासन ने भी जिले के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन समय दिन के साढ़े दस बजे तक निर्धारित किया है

एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जनसभाएं कर रहे है छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी प्रचार अभियान चला रहे हैं इस सिलसिले में आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पचास करोड़ भारतीयों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की गयी है उन्होंने कहा कि पांच लाख रूपये तक के इलाज की सुविधा के तहत अब तक चौबीस लाख सत्तर हजार लोगों का मुफ्त ऑपरेशन हो चुका है उन्होंने आरोप लगाया कि पन्द्रह साल के लालू राबड़ी शासनकाल में गरीबों की उपेक्षा हुई इधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवहर संसदीय क्षेत्र के चिरैया में एनडीए उम्मीदवार रमा देवी के पक्ष में चूनावी रैली को संबोधित किया श्री कुमार ने विपक्षी दलों पर आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया श्री कुमार ने पूर्वी चम्पारण के छौड़ादानों के हरसिद्धी और मेहसी में भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया इधर बक्सर के डुमरांव में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में एनडीए को आम लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है वहीं लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी वोट के लिए समाज को बांटने का काम कर रही है तेजस्वी प्रसाद यादव ने वाल्मिकीनगर वैशाली के मीनापुर पश्चिम चंपारण के लौरिया सिवान के नौतन बक्सर के डुमरांव काराकाट के गोह और आरा के शाहपुर में भी महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया उनके साथ लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव हिन्दुतानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने पूर्वी चंपारण के पिपरा रक्सौल और नरकटियागंज में एनडीए उम्मीदवार राधामोहन सिंह के समर्थन में चूनावी रैलियों को संबोधित किया श्री मोदी ने लोगों से विकास के लिए एनडीए के पक्ष में समर्थन की अपील की कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने वैशाली में राजद उम्मीदवार रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से समाज का एक बड़ा वर्ग तबाह हो गया इधर केन्द्रीय मंत्रियों और भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर और आरकेसिंह ने आरा संसदीय क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की पाटलिपुत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने भी विभिन्न क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया मुजफ्फरपुर के एक निजी विवाह भवन में ईवीएम मशीन रखे जाने के मामले में निर्वाचन आयोग ने चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है वहीं संबंधित प्रक्षेत्र के दंडाधिकारी से चौबीस घंटे के भतीर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है बेगूसराय जिले की एक अदालत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जमानत दे दी है श्री सिंह पर एक चुनावी सभा के दौरान जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल और आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है हाई प्रोफाइल माने जा रहे पूर्वी चंपारण लोक सभा सीट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं

केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह जहां भाजपा के टिकट पर इस सीट से लगातार तीसरी जीत के लिए जी तोड मेहनत कर रहे हैं वहीं पहली बार चुनाव लड रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के आकाश कुमार सिंह की कोशिश है कि चुनाव का शानदार आगाज करें आकाश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं सीपीआई के प्रभाकर जायसवाल और बसपा के अनिल सहनी ऐसे प्रत्याशी है जो पूर्वी चंपारण में जीत हार के समीकरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं किसानों की समस्याएं बेरोजगारी और पलायन इस संसदीय क्षेत्र के प्रमुख मूद्दे हैं जिनकी कसौटी पर जनता उम्मीदवारों को पहले भी परखती रही है आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतदान पुष्टि पर्चियों के मिलान के बारे में विपक्षी दलों के इक्कीस नेताओं की पुनर्विचार याचिका आज खारिज कर दी विपक्ष के कम से कम पचास प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मतदान प्रष्टि पर्चियों से मिलान कराने का अनुरोध नामंजूर करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह अपना पूर्व का निर्णय नहीं बदलना चाहते हैं कल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान में पुरूषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की भागीदारी आठ प्रतिशत से ज्यादा रही है महिला मतदाताओं का वोटिंग प्रतिशत इकसठ दशमलव दो पांच रहा इसकी तुलना में तिरेपन दशमलव चार तीन प्रतिशत पुरूषों ने मतदान किया गौरतलब है कि कल पांचों सीटों पर लगभग अंठावन प्रतिशत वोट पड़े थे महिला वोटरों की सबसे अधिक भागीदारी मधुबनी संसदीय क्षेत्र में देखी गयी जहां पुरूषों की अपेक्षा बारह प्रतिशत अधिक महिला वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया यहां मतदान में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग साठ प्रतिशत रही जबकि पुरूषों का प्रतिशत अड़तालीस रहा निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने सारण जिले के विद्युत कार्यपालक अभियंता कार्यालय में पदस्थापित लिपिक सरोज कुमार को पैंतालीस हजार रुपये और तेलपा विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के कनीय अभियंता जयनंदन कुमार को बीस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है दोनों विद्युतकर्मी शिकायतकर्ता से नये कनेक्शन देने और ट्रांसफार्मर बदलवाने के एवज में घूस ले रहे थे कटिहार नगर थाना क्षेत्र स्थित राजकीयकृत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की तीन हजार छह सौ उत्तर पुस्तिका चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है इस संबंध में स्कूल प्रबंधन द्वारा स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को नैक ग्रेडिंग के लिए प्रक्रिया तेजी से पूरा करने का आदेश दिया है श्री टंडन ने सभी कुलपतियों को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक सप्ताह सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ इस संबंध में समीक्षा बैठक करें अररिया जिले के कुशमाहां से एसएसबी के जवानों ने तीन सौ साठ बोतल नेपाली शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू जैसे हालात

एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने झोंकी ताकत